इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने हाल ही में एंटी पी आर सी विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हुए दंगे हिंसा और बर्बरता के मद्देनजर न्याययिक जांच की घोषणा की है गौरतलब है कि दंगे के दौरान तीन यूवकों की जान चली गई कई अन्य घायल हुए और सार्वजनिक एवं निजि संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा प्रदेश भाजपा परिषद बैठक में कल जूलांग में बोलते हुए श्री खांडू ने कहा कि राजधानी क्षेत्र ईटानगर में हिंसा को भड़काने के पीछे जिम्मेदार लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और शौक संतप्त परिवारों को न्याय मिलेगा उन्होंने कहा कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच समिति को सेवा निवृत्त जज नेतृत्व करेंगे ताकि हिंसा के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके राजीव गांधी विश्वविद्यालय छात्र संघ रिसर्ज स्कॉलर्स फोरम और राजीव गांधी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कल सुबह से शाम तक भारत बंद का समर्थन करते हुए विश्वविद्यालय कैंपस को बंद रखा गौरतलब है कि दस लाख ट्राईबल्स को उनके भूमि से विस्थापन करने के विरुद्ध और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू जी सी द्वारा नए तेरह पोईंट रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के नौकरियों में कटौती के खिलाफ देशभर में कई ट्राईबल संगठनों ने यह बंद बुलाया शिक्षकों और छात्रों ने केंद्र सरकार से ट्राईबल अधिकारों को सुरक्षित करने लिए दो अध्यादेश लागू करने को कहा जो कि हाल ही के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुआ है पहला ट्राईबल के वन अधिकारो को सुरक्षित करना और दूसरा यू जी सी संकाय पदो में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना प्रदेश विपक्षी दलों ने सर्व दलीय समन्वयन समिति का गठन किया है ताकि वे हाल में एंटी पी आर सी आंदोलन में हुए दंगे में मारे गए तीन व्यक्तियों और कई अन्य के घायल होने और दंगे को लेकर मुख्य मंत्री पेमा खांडू को इस्तीफे के लिए दबाव बना सके प्रदेश कांग्रेस समिति ए पी सी सी के अध्यक्ष तकाम संजोय ने कल इस बात की जानकारी दी इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मूख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के पूर्वोत्तर प्रभारी गेगोंग अपांग ने किया बैठक में नेशनल पीपूल्स पार्टी विधान मंडल लीडर तांगा ब्यालींग और पीपूल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पी पी ए अध्यक्ष काफा बेंगिया भी शामिल थे श्री संजोय ने कहा कि सर्वदलीय पार्टी के बारह पंद्रह सदस्यी प्रतिनिधि जल्द ही राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए समय सीमा देंगे उन्होंने कहा कि राज्यपाल को श्री खांडू को पद से हटाना हॊ होगा ऐसा न करने पर सारे विपक्षी दल लोकतांत्रिक कदम उठाएंगे और हजारों की तादात में लोगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे पैंतीस राष्ट्रीय सब जूनियर क्योरुगी और पूमसे ताईक्वांडू प्रतियोगिता और चौथा राष्ट्रीय कैडट क्योरुगी और पूमसे ताईक्वांडू प्रतियोगिता में प्रदेश ताईक्वांडू दल ने पदको की होड़ लगा दी नौ स्वर्ण पांच रजत और सात कास्य पदको के साथ प्रदेश दल वापस लौटे खेल निदेशक तादार अपपा ने सांगे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी के कोचो और मैडल विजेताओं को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया अरुणाचल प्रदेश के लिए केंद्र ने पांच दशमलव बाईस करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रुप में जारी किया है कटाव विरोधी के एकल परियोजना और सियांग और ईस्ट सियांग जिले में बाढ़ बचाव के लिए केंद्र ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इसे जारी किया गया है केंद्रीय राज्य जल संशाधन मंत्री अजूर्न राम मेघवाल ने एक पत्र के जरिए सांसद निनोंग ईरिंग को इसकी सूचना दी गौरतलब है कि पिछले साल के अक्टूबर महीने में श्री ईरिंग ने पत्र के जरिए सियांग नदी से जूड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया था श्री मेघवाल ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत असम के ब्रम्हापूत्र के लिए भी छप्पन बाढ़ प्रबंधन कार्य के लिए पांच सौ चौहत्तर दशमलव एक नौ करोड़ की धनराशि जारी की गई है